प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से करेंगे मन की बात

देश भर में शहीद सैनिकों को दी जायेगी श्रद्वांजलि सुको निर्देश उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को बच्चों के यौन शोषण मामलों से निबटने के लिए साठ दिन के भीतर विशेष अदालतें और वकील नियुक्त करने के निर्देश दिये हैं न्यायालय ने कहा है कि ये अदालतें उन जिलों में बनाई जायें जहां पाक्सो अधिनियम के तहत एक सौ से ज्यादा मामले दर्ज हों प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि प्रशिक्षित और अनुभवी वकील ही इन अदालतों में नियुक्त किये जायें और राज्य सरकारें भी यह सुनिश्चित करें कि ऐसे मामलों में फोरेन्सिक रिपोर्ट समय पर उपलब्ध हो

अब इसे राज्यसभा में भेजा जायेगा

विधेयक पेश करते हए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद भी देश के कई भागों में तीन तलाक की क्प्रथा जारी है उन्होंने स्पष्ट किया कि यह विधेयक किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि मुस्लिम महिलाओं को समानता और न्याय दिलाना है इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिये जबकि विपक्षी कांग्रेस सदस्यों सहित कुछ अन्य दलों के प्रतिनिधियों ने इस विधेयक का विरोध किया भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने इस विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि ये विधेयक मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करेगा जावडेकर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि विश्वसनीयता द्रदर्शन और आकाशवाणी की सबसे बड़ी विशेषता है आज दूरदर्शन केन्द्र दिल्ली में अत्याधुनिक वीडियो वॉल का उदघाटन करते हए उन्होंने कहा कि इससे और अधिक लोग द्रदर्शन की ओर आकष्ट होगें

सोमनाथ श्रद्धांजलि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी को आज संसद के केन्द्रीय कक्ष में पुष्पांजलि अर्पित की गई लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल सहित कई पूर्व सदस्यों ने भी उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की

यह समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं

मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में रविवार को दिन में ग्यारह बजे अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी ने इसके लिए लोगों से विचार आमंत्रित किये हैं

राजभवन में आयोजित समारोह में सुबह ग्यारह बजे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविशंकर झा उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलायेंगे प्रदेश की मौजदा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को उत्तरप्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है

भाजपा कांग्रेस बैठक विधानसभा में कल एक संशोधन विधेयक के दौरान भाजपा के दो विधायकों द्वारा सत्तारूढ़ कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के बाद राजनैतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं प्रदेश भाजपा कार्यालय में इस मुददे पर बातचीत के लिए बैठक आयोजित की गई बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और संगठन महामंत्री सुहास भगत शामिल हुए बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने पत्रकारों से बातचीत करते हए कहा कि कांग्रेस को अभी खूश होने की कोई जरूरत नहीं है विधायकों की संख्या की प्रमाणिकता तभी होती जब सरकार विश्वास मत के लिए मतदान कराती श्री भार्गव ने सदन में कल के घटनाकम को हास्यास्पद बताते हुए यह भी कहा कि इसका कोई महत्व नही है वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश का हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है हमें जो जनादेश मिला है विपक्ष को उसका सम्मान करना चाहिये

इसके लिए जिले के पांच शासकीय स्कलों के विद्यार्थियों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जायेगा ताकि वे प्रशिक्षण के दौरान दी गई जानकारियों को आत्मसात कर सकें इसके लिए जिले के पांच शासकीय स्कूलों के बीस बीस विद्यार्थियों का चयन किया गया है

इस अवसर पर यूनिसेफ के माइकल जुमा ने कहा कि बच्चों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कई योजनायें बनाई गई हैं जिन पर ब्लाक स्तर तक काम करने की जरूरत है उन्होंने कहा कि यूनिसेफ और महिला बाल विकास विभाग प्रदेश में बच्चों के खिलाफ बढ़ रही हिंसा को रोकने और उन्हें सुरक्षित माहौल देने के लिए काम कर रहे हैं कुलपति राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने स्कुल ऑफ मैथमेटिक्स ग्वालियर की विभागाध्यक्ष डाक्टर रेणु जैन को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर का कलपति नियुक्त किया है कारगिल दिवस देश भर में कल कारगिल विजय दिवस मनाया जायेगा इस अवसर पर युद्ध में शहीद सैनिकों की स्मृति में कई कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे

कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर आज ग्वालियर में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है इससे पहले सैकड़ो दीप जलाकर अमर शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की गई कल इस अवसर पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की जायेगी साथ ही देशभक्तिपूर्ण नाटकों का मंचन और झॉकियों की प्रस्तुति भी होगी भारतीय सेना की सुदर्शनचक कोर के भोपाल स्थित द्रोणांचल परिसर में शहीदों की स्मृति में कई कार्यक्रम होंगे इनमें सैन्य हथियारों की प्रदर्शनी मार्शलआर्ट और सैन्य बैण्ड की संगीत प्रस्तुतियां प्रमुख हैं इसके अलावा रवीन्द्र भवन में भी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड और भोपाल एक्स सर्विसेस लीग की ओर से होने वाले कार्यक्रम में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जायेगी कार्यक्रम में कारगिल युद्ध पर बनी लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया जायेगा